आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं फाई ट्रीलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है इसकी एक दिशा बजट में हमनें दिखाई है और उससे जुड़े फैंसलों का ऐलान किया गया है और देश को ये भी विश्वास दिया गया है कि पांच साल एक सरकार एक कन्टीन्यूटी में है ये भी विश्वास दिया है कि आने वाले दस साल के विजन के साथ मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की क्षमता पर संदेह करने वाले कृष्ठ लोगों ने कहा था कि यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुरिकल है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा से निराशावादी रहे हैं श्री मोदी ने दो हजार उन्नीस बीस के केन्द्रीय बजट और आगामी वर्षो में भारत के विकास पथ के बारे में अपने विचार साझा किये संघीय बजट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया भारत बनाने के बिल्कुल करीब हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव स्थित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केन्द्र में आज एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की इस अक्सर पर उन्होंने टोल फ्री नम्बर आठ नौ आठ शुन्य आठ शुन्य आठ शुन्य आठ शुन्य की भी शुरूआत की

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रेरणा कुंज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर उनके सपनों को हम पूरा कर सके इस आशा के साथ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये

हमारे संवाददाता ने बताय है कि इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार राज्य में बाईस करोड़ पौधे लगाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बाबरपुर हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया

वाराणसी के हराज में आनंद कानन उपवन की नवग्रह वाटिका में पीपल का पौधा लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में वृक्षा रोपण अभियान की भी शुरआत की

सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी दक्षिण पश्चिम मानसून देश के उत्तरी और मक्यवर्ती हिस्सों की तरफ बढ़ गया है कल राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा हई मौसम विमाग के वरिष्ठ अधिकारी एममहापात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में वर्षा हुई है और अगले दो तीन दिन तक इसके जारी रहने की संभावना है दक्षिण पश्चिम मॉनसून अभी देश के लगभग सभी इलाकों में कवर कर चुका है वेस्ट पाकिस्तान और बंगाल का कुछ हिस्सा छोड़ के और इसका मतलब है कि नॉर्थे ईस्ट इंडिया का सभी इलाका दिल्ली को मिलार्क मॉनसून आ चुका है और इसके प्रभाव में बारिश अधिकांश जगह पर रिकॉर्ड हुई है

औरैया जिले में आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए गपचारियापुर के पास तेज गति से आ रहे ट्रक की टैम्पो से टक्कर में मरने वालों में पांच अध्यापक भी शामिल हैं जो स्कूल की ओर जा रहे थे घायलों को दिबियापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है